नरेन्द्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बताया कि इन दोनों स्वास्थ्य योजनाओं के लागू होने से लाभार्थियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के खर्चे में कमी आई है

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत पॉलिसी अवधि इस वर्ष फरवरी में समाप्त हो गई और जिनके पास इस योजना के कार्ड हैं वह विभाग की वैबसाईट पर निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर इसे रिन्यू करवा सकते हैं बिक्रम जरयाल चंबा ज़िले में भटियात के विधायक बिक्रम जरयाल ने सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे संबंधी झूठी पोस्ट डालने को लेकर चुवाड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया है उन्होंने कल चंबा में बताया कि पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत पत्र सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर डाली गई झूठी पोस्ट में कहा गया है कि आगामी मंत्रियों की सूची में जरयाल का नाम नहीं है जिस कारण वे विधायक पद से त्यागपत्र दे रहे हैं

ऊना हमीरपुर बिलासपुर मंडी और सोलन के कई इलाकों में दिन के समय तेज गर्मी पड़ रही है

हालांकि राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों शिमला कुफरी चायल कुल्लू मनाली और मैकलोडगंज में पड़ौसी राज्यों से आए सैलानियों का तांता लगा हुआ है

इसमें पैंशन संबंधी शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा कार्यालय के सहायक लेखा अधिकारी रवि धवन ने सभी रक्षा पैंशन धारकों युद्ध विधवाओं सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों से इस पैंशन अदालत में भाग लेने का आहवान किया है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है टेक्नोमैक घोटाले पर अमर उजाला की सुर्खी है भगोड़ा घोषित होगा कंपनी का एमडी हिमाचल सीआईडी ने नाहन की अदालत में दी अर्जी पंजाब केसरी ने खबर दी है स्विट्जरलैंड की तर्ज पर हिमाचल में बनेंगे रोपवे दिव्य हिमाचल के शब्द हैं डीजीपी मरड़ी को हटाने की तैयारी आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू बन सकते हैं हिमाचल पुलिस के नए मुखिया दैनिक जागरण ने लिखा है करूणा का संदेश लेकर धर्मशाला पहुंचे नोबेल पुरस्कार विजेता सत्यार्थी जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं दलाईलामा से मिले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी आचार संहिता हटते ही दो नए सब डिविजन खोलने की अधिसूचना जारी शीर्षक से ख़बर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है

इसी समाचार पत्र ने छात्रवृति घोटाले से जुड़ी ख़बर को शीर्षक दिया है हिमाचल पुलिस भी सीबीआई के रडार पर पंजाब केसरी की एक अन्य ख़बर है दृष्कर्म व एसिड अटैक मामले में मिलेगा तीन लाख का मुआवज़ा वहीं दैनिक भास्कर का कहना है एसिड अटैक रेप पीड़ितों को मिलेगा तीन लाख का मुआवजा सरकार ने जारी की अधिसूचना

दैनिक सवेरा टाइम्स ने स्कूल वर्दी से जुड़ी खबर पर लिखा है सरकारी स्कूलों में जून में मिलेगी मुफत वर्दी पहले चरण में हमीरपुर लाहौल स्पीति व बिलासपुर ज़िलों के स्कूलों में होगा आबंटन सेब बकाया भुगतान मामले पर आपका फैसला की सुर्खी है कल तक एसआईटी को हाईकोर्ट में देनी होगी रिपोर्ट इसी समाचार पत्र के मुताबिक एचपीजेएस का अंतिम परिणाम घोषित प्रदेश को मिले चार सिविल जज